प्रदेशभर में मनाई जा रही भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दी बागेश्वर में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना से लाभांवित हो रहे किसानमिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के बाद दूर की जा रही हैं कमियाबढ़ रही है उपज बच्चों में कैंसर का उपचार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया जाएगा इस योजना में गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा स्लग वन भमि केंद्रीय पर्यावरण एवं वनमंत्री डॉ हर्षवर्धन ने वन भूमि हस्तारण से लम्बित मामलो के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिये उन्होंने इस संबंध में जो भी आपत्तियां उनका निस्तारण समय पर करने के भी निर्देश दिये केंद्रीय मंत्री ने आज जीबी पंत हिमालयन एवं पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल में आयोजित एक बैठक में ये निर्देश दिये उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार में अभी तक कोई मामला लम्बित नहीं है उन्होंने कहा कि अगर कोई मामला लम्बित है वह नोडल अधिकारी और राज्य के वन विभाग में लम्बित होगा उसके लिए कार्यदायी संस्था व वन विभाग के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूचि लेनी होगी केन्द्रीय वन मंत्री ने कहा कि अब वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित सभी मामले आन लाईन प्रक्रिया से निस्तारित हो रहे है इस पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देना होगा उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सभी मामलों की समीक्षा अपने स्तर से करें और जिन मामलो का निस्तारण सम्भव न हो उन्हें केंद्र सरकार को सन्दर्भित कर दें

उन्होंने बताया कि केंद्रीय वन सचिव और राज्य के वन सचिव उत्तराखण्ड से भी वार्ता करेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री अजय टम्टा ने कहा कि लोक सभा क्षेत्र में अनेक सड़कें वन अधिनियम के कारण लम्बित है उनका निस्तारण यथा सम्भव हो सके इसके लिए यह बैठक आयोजित की गयी है

उन्होंने कहा कि इस संस्था द्वारा मानव विकास के लिए जो कार्य किये गये है वह अपने आप में एक सराहनीय पहल है उन्होंने कहा कि हिमालय को बचाने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण मिल सके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है वह देश ही नहीं विदेशो में भी सराहनीय है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी प्रकार की तकनीको पर कार्य कर रहे हैं ताकि आम जनता को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया हो सके इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल की दिशा में भी काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत ने जिन मार्यादाओं के लिए काम किया उन्हें हमें आत्मसात करना होगा उन्होंने संस्थान द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने पर खुशी जताई इस कार्यक्रम में भारत सहित नेपाल भूटान और सात राज्यो के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया स्लग पंत जयंती प्रदेशभर में भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों समेत आमजन ने पंतजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पृष्प अर्पित किये स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया अल्मोड़ा चंपावत बागेश्वर पिथौरागढ़ टिहरी चमोली रुद्प्रयाग समेत सभी जनपदों में स्कूली बच्चों को उनके बारे में बताया गया और गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया अल्मोडा में केन्द्रीय कपडा राज्यमंत्री अजय टम्टा ने भी भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की जयन्ती के अवसर पर खूट में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्वांजलि दी इस मौके पर गोपेश्वर में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया तो वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के सभी पड़ावों और अन्य जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया

एक संदेश में मुख्यमंत्री ने उन्हें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देशभक्त समाजसेवी और कुशल प्रशासक बताया श्री रावत ने कहा कि स्व पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगारी प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के लिए संघर्ष कर समाज में व्याप्त इन बुराईयों को मिटाने में अंहम भूमिका निभाई

कृषि मृदा केन्द्र की ओर से किसानों की जमीनों का मुदा परीक्षण कर उन्हें जो जानकारी दी जा रही है वो फायदेमंद साबित हो रहा है किसान नंदन सिंह का केहना है कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत उनके खेत की मिट्टी की जांच की गई इसके बाद मिट्टी में कमियों को दूर करने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया गया

मिट्टी जांच प्रयोगशाला के लैब प्रभारी नरेन्द्र सिंह के मुताबिक लैब में किसानों के खेतों की मिट्टी का पीएच मान सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक आयरन मैंगनीज और पोटाश की मात्रा का पता लगाया जाने के बाद फसल की जरूरत के मुताबिक मिट्टी में संतुलित मात्रा में खाद डाली जाती है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम र्स किसानों की मेहनेत अब रंग लाने लगी है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में कृषि क्षेत्र में मिट्टी की सेहत पर ध्यान देने का आहवान किया है ताकि कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और किसानों के जीवन में समृद्धि आ सके स्लग जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार ने कहा है कि बच्चों में कैंसर का उपचार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया जाएगा नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद कुमार पॉल ने आकाशवाणी को बताया कि इसके लिए दरें भी तय कर दी गई हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा श्री पॉल ने कहा कि निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा स्लग भारत बंद मंहगाई को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के भारत बंद का राजधानी देहरादून सहित राज्य के अन्य जिलों में आंशिक असर देखने को मिला वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए था केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद वस्तुओं की कीमतों पर लगाम लगी है वहीं चमोली जिले के कर्णप्रयाग में बंद बेअसर रहा यहां रोज की तरह दुकाने खुली रहीं जबकि गौचर में व्यापारियों ने दो घंटे सांकेतिक बंद रखा श्रीनगर रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बंद पूरी तरह बेअसर रहा यहां व्यापारिक प्रतिष्ठान और पेट्रोल पंप खुले रहे जबकि कोटद्वार में सुबह के समय बंद का असर देखने को मिला नई टिहरी में भी बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला नरेंद्रनगर घनसाली और लंबगांव में भी दुकानें खुलीं रहीं चंपावत में कांग्रेस को व्यापार संघ का समर्थन नहीं मिला